केंद्रीय कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर की सुरक्षा के लिए बिल को भी दी मंजूरी पॉस्को एक्ट में संशोधन पर लगी मुहर

मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण का विस्तार किया है इसके अलावा ट्रांसजेडर व्यक्तियों की सुरक्षा और लाभ को लेकर बिल को मंजूरी दी है इसमें उनकी शिक्षा और अन्य तरह की सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पर चर्चा खत्म होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट चर्चा का जवाब दिया

उन्होंने कहा कि श्रम सुधार के लिए लगातार काम किया जा रहा है वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी ओर से दिए गए सभी आंकड़े सही हैं आर्थिक सर्वे और बजट में आंकड़ो का अंतर हुआ है इस वजह से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है उन्होंने कहा कि सरकार ने पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है और इसके लिए निवेश पर जोर दिया जा रहा है जल शक्ति बैठक केन्द्र सरकार मे पेयजल मंत्रालय के अपर सचिव डॉ सुखवीर सिंह सन्धु ने कहा कि पूरा विश्व गंभीर जल संकट से जूझ रहा है साथ ही आधुनिकता और विकास ने पानी की खपत में अभूतपूर्व वृद्धि की है विश्व में औद्योगिकरण तेजी से बढ़ रहा है जिसके परिणाम स्वरूप पानी का उपयोग और उपभोग भी बढ़ रहा है पानी के संरक्षण के लिए गंभीरता से विचार करने और उचित जल प्रबन्धन की त्वरित आवश्यकता है

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण वर्षा जल संरक्षण परम्परिक और अन्य जल स्त्रोंतों के पुर्नोत्थान को बढ़ावा देना है

प्रोजेक्ट के लिए यथाशीघ्र धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी इस अवसर पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि जिले की शिप्रा नदी के पुर्नजीवन की दिशा में कार्य किया जा रहा है आगामी हरेला पर्व पर शिप्रा नदी के आसपास के भू खण्ड पर जन सहयोग से वृहद्व वृक्षारोपण किया जाएगा औचक निरीक्षण बागेश्वर में जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने कपकोट विकास खण्ड के नव निर्मित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण किया

इसके अतिरिक्त विद्यालय के लिए मार्ग और चाहर दिवारी के लिए भी बजट की आवश्यकता थी जिस कारण विद्यालय ठीक ढंग से संचालित नही हो पा रहा था

साथ ही बालिकाओं के लिए बनाये गये डाईनिंग हॉल में पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर आदि उपलब्ध कराया जाय

इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में पशुपालन भी किसानों कि आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है उन्होंने अधिकारियों को नए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं मुख्य सचिव ने कहा कि पशुपालन में इंश्योरेंस की बढ़ती मांग को देखते हुए इसमें इंश्योरेंस को शामिल किया जाना चाहिए उन्होंने मदर पोल्ट्री यूनिट स्थापित करते हुए मुर्गीपालन के अन्तर्गत उत्तरा और कड़कनाथ जैसी विशिष्ट प्रजातियों को बढ़ावा दिये जाने के भी निर्देश दिए साथ ही उन्होंने मुख्य प्रमुख सचिव लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग अपर सचिव पर्यटन और चमोली की जिलाधिकारी से क्षेत्र में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योजना तैयार करने को कहा मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्थानीय ब्रनकरों को उत्तम ग्रणवत्ता की ऊन उपलब्ध करवाने के लिए अच्छी प्रजाति की भेड़ बकरी पालन को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए उन्होंने बुनकरों को पारंपरिक के साथ ही अच्छे और नए डिजाइन उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए

देश विदेश से लोग सत्यमित्रानन्द महाराज को श्रद्धाजंलि देने के लिए हरिद्वार पहुंचे इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिहं रावत सहित कई प्रदेशों के राज्यपाल सामाजिक संस्था और संत समाज ने भी सत्यमित्रानन्द महाराज को श्रद्दाजंलि दी गौरतलब है कि सत्यमित्रानन्द महाराज एक लंबी बीमारी से गुजर रहे थे जिसके चलते उनका निधन हो गया था

डीएम केदारनाथ निरीक्षण रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यो का निरीक्षण किया उन्होंने अधिकारियों को केदारनाथ धाम में मौजूद कुंडों की रिपोर्ट और आंकलन तैयार कर पर्यटन विभाग को भेजने पूर्व में स्वीकृत तीन प्रशासनिक भवनों को जल्द बनाने के साथ ही मंदाकिनी और सरस्वती नदी पर बनने वाले पुलों के कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए जिलाधिकारी ने सुलभ इंटरनेशनल और नगर पंचायत केदानाथ को सफाई पर ध्यान देने के लिए भी कहा

लोगों ने हैलीपैड के पास उंडी कंडी और पालकी के लिये स्टैंड बनाने प्रत्येक पड़ाव पर खोया पाया केन्द्र खोलने मानक के अनुरूप भीमबली लिनचोली और केदारनाथ में भंडारे लगाये जाने के भी सुझाव दिए गौरीकुंड में सुरक्षा दीवार के साथ साथ गौरीकुंड से तप्त कुंड तक जाने वाले रास्ते में यात्री स्टैंड और शौचालय बनाये जाने का सुझाव भी दिया जिनको जिलाधिकारी ने रिपोर्ट में शामिल कर लिया जागरुता अभियान नैनीताल में केन्द्र सरकार की टीम ने आज जल शक्ति अभियान के तहत विद्यालयों में जाग रूकता कार्यक्रम के साथ मनरेगा वन कृषि उद्यान आदि विभागों द्वारा किए गए जल संचय संरक्षण संवर्द्धन कार्यो एवं सिंचाई कार्यों का स्थानीय निरीक्षण करते हुए राजकीय इण्टर कॉलेज ज्योलीकोट में जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने जल संचय जल संरक्षण और सवंद्दधन विषय पर भाषण निबन्ध और चित्रकला का प्रदर्शन किया और जल संचय संरक्षण के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए पोस्टर बेनर पम्पलेट के साथ रैली निकाली गयी साथ ही अतिथियों द्वारा विद्यालय प्रांगण में पौधा रोपण किया गया इस अवसर पर डॉ सन्धू ने कहा कि जल शक्ति अभियान के अन्तर्गत जल संचय संरक्षण एवं संवर्द्धन के कार्य किये जायेंगे और जनता को पानी के महत्व के प्रति जागरूक किया जाएगा उन्होंने कहा कि जल संचय में सामूहिक प्रयास अति आवश्यक है इसलिए अपने व्यवहारिक जीवन में पानी बचाने की आदत डालनी होगी तभी आने वाली पीढ़ी को पेयजल दिया जा सकेगा